मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे श्री मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द का अनुभव कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्वांजलि होगी प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब का संकल्प समर्पण और सहयोग बहत जरूरी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोला जा रहा है लेकिन हमें अभी सतर्क रहना होगा

उन्होंने कहा कि समूचा विश्व इस समय अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लगा है और ऐसी क्षमता बढाने वाली चीजों का सम्बन्ध हमारे देश से है प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्षा के पानी का बडे पैमाने पर संचय करें

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सही समय पर लिए गए सही निर्णयों से ही भारत में कोरोना को नियंत्रित रख पाए हैं आज मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरा देश अपने प्रधानमंत्री के साथ है

इस दौरान श्री रावत ने कहा कि हमारे वीर जवानों ने अपनी वीरता से यह साबित किया है कि कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सुजनशीलता से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा लोकल के लिए वोकल हमारा ध्येय होना चाहिए

शासन और सरकार के इस फैसले का शहर व्यापार मंडल ने स्वागत किया है वहीं अब अस्थि विसर्जन से संबंधित नई गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी

कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि मनीष गोयल ने बताया है कि हरिद्वार से देहरादून के बीच अंडरग्राउंड पाइप लाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है जिसके तहत सबसे पहले देहरादून शहर की बाहरी कालोनियों में एनपीजी की सप्लाई शुरू की जाएगी जिसके तहत मथुरावाला सरस्वती विहार और बंजारावाला में दो हजार घरों में गैस कनेक्शन पूर्व में ही स्वीकृत किये जा चुके हैं अब इन क्षेत्रों में सप्लाई लाइन बिछाने की तैयारी चल रही है क्वारंटीन सेंटर काउंसलिंग बागेश्वर जिले की जिलाधिकारी रंजना राजगुरू के दिशा निर्देशन में सभी क्वारंटीन सेंटरों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और काउंसलिंग की जा रही है

इसके अलावा मोबाईल मेडिकल टीम द्वारा भी लगातार क्वारंटीन सेंटरों और जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में भी लोगों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी जा रही है

इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि संकल्प पर्व के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच वृक्षों बरगद आंवला पीपल अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परम्परा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है उन्होंने कहा कि इन वृक्षों के पौधे उपलब्ध न होने पर लोग अपनी पसंद के पौधे भी लगा सकते हैं सड़क दुर्घटना चंपावत जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि दो अन्य लोग घायल हो गये है घायलों को पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है पिथौरागढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष से मिली सूचना के अनुसार एक पिकअप वाहन आज सुबह हल्द्वानी से पिथौरागढ़ की ओर जा रहा था घाट पनार मोटर मार्ग पर बौतड़ी के पास यह अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया

स्वदेशी स्वावलंबन अभियान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत चलाए जा रहे डिजिटल अभियान के तहत डिजिटल हस्ताक्षर किए इस अभियान का उद्देश्य विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है इस दौरान श्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को सफल बनाने के लिए हमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और खुद को स्वावलंबी बनाना होगा स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है डेंगू बैठक उत्तरकाशी जिले में आज डेंगू से बचाव को लेकर जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए